आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए इसे एक स्वास्थ्य योजना से कहीं अधिक बताते हुए कहा कि यह गरीबी और बीमारी के दुष्वक्र को तोड़ रही है

इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार हुआ जिस पर करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को पांच लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है योजना के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश में भी शिविरों का आयोजन किया गया रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला चिकित्सालय में आयोजित शिविर का शुभारम्म किया खंडवा गुना बडवानी देवास बैतूल धार सहित विभिन्न जिलों में आयुष्मान शिविर आयोजित र्किये जाने के समाचार मिले हैं आयुष्मान लाभार्थी केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये वरदान की तरह साबित हो रही है

इस दौरान उन्होंने राहत कार्यो की समीक्षा भी की हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है उन्होंने बताया कि क्षति का आंकलन किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये सरकार एक एक लाख रूपये की मदद करेगी उन्होंने बारिश की वजह से बीज खराब होने पर भी पूरा बीज उपलब्ध कराने की बात कही

नीमच जिले के रामपुरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे श्री नाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे यहां राहत पहुंचाने आये हैं भर्जन कीर्तन करने नहीं कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कल रामपूरा आएंगे उधर श्योपुर जिले में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है मुरैना में छोटी रेल लाइन के ट्रेक पर बाढ़ का पानी आ गया है

श्री पांडे होशंगाबाद जिले के इटारसी में आयोजित भाजपा के जन जागरण अभियान कार्यकम में बोल रहे थे

इसी विषय पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी अब से कुछ देर बाद इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे इंदौर पहुंचने पर श्री नाइक का स्वागत स्थानीय भाजपा नेताओं ने किया श्री नाइक ने इंदौर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की और एक पत्रिका का विमोचन भी किया झाब्आ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिये आज अधिसूचना जारी कर दी गई इसी के साथ यहां नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रकिया भी शुरू हो गई है हालांकि पहले दिन कोई नामांकन पत्र नहीं भरा गया

एक अक्टूबर को इनकी जांच होगी और प्रत्याशियों द्वारा तीन अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं

झाब्आ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपच्नाव के लिये ईवीएम का पहला रेन्डमाइजेशन कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा शिखर बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायू कार्रवाई शिखर बैठक को संबोधित करेंगे उनका कतर के अमीर इटली के प्रधानमंत्री नामिबिया नाइजर और मालदीव के राष्ट्रपतियों से भी मिलने का कार्यक्रम है बाद में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर ऊर्जा और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन करेंगे

पर्यावरण पुरस्कार प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड का राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रस्कार समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा शाम सांत बजे मिंटो हॉल में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह में पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मुख्य अतिथि होंगे